इस अवसर पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के विकास के लिए लगातार कार्य कर रही है उन्होंने कहा कि हाल ही में पेश किए गए केंद्र और प्रदेश सरकार के बजट विकास और रोजगार पर केंद्रित हैं उन्होंने पूर्व की सरकारों पर पूर्वांचल को विकास से दूर रखने का आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी सरकार ने पिछले चार वर्षो में क्षेत्र में कई विकास परियोजनाए संचालित की हैं

पिपराइच चीनी मिल को पिछले वर्ष शुरू किया गया था रामगढ़ताल का कायाकल्प किया गया जिससे अब यह स्थान पर्यटन केंद्र के रूप में उभरा है उन्होंने कहा कि गोरखपुर में जल्द ही विड़ियाधर का भी लोकार्पण होगा

उन्होंने कहा कि गोरखपुर में जल्द ही एक आयुष विश्वविद्यालय के निर्माण की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी साथ ही सार्वजनिक कार्यक्रमों हेतु एक प्रेक्षागृह का भी शीघ्र ही लोकार्यण किया जाएगा मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ वर्ष पूर्व तक यह क्षेत्र जापानी इंसेफेलाइटिस से होने वाली मृत्यु के लिए जाना जाता था

उन्होंने कहा कि असमय मृत्यु की इन घटनाओं में बड़ी संख्या अत्यसंख्यक समुदायों के बच्चों की थी श्री योगी ने कहा कि प्रदेश सरकार के प्रयासों से राज्य में इस बीमारी को नियंत्रित करने में सफलता मिली है

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने पर जोर दिया है

उन्होंने कहा कि बीआरडी मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक भी बनकर तैयार है श्री योगी ने कहा कि कुशीनगर में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण किया गया है जहां से जल्द ही देश विदेश के लिए उड़ानें शुरू हो जाएगी उन्होंने कहा कि आज गोरखपुर से देश के आठ शहरों के लिए हवाई उड़ानें उपलब्ध हैं मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार राज्य में सड़क मार्ग से परिवहन सेवाओं को बेहतर बना रही है उन्होंने कहा कि गोरखपुर से लखनऊ को जोड़ने वाली सड़क को चार लेन से बढ़ाकर छः लेन करने का प्रस्ताव भी केंद्र को भेजा गया है मुख्यमंत्री ने अपने गोरखपुर दौरे के दूसरे दिन आज अभ्युदय योजना के लाभार्थियों के साथ बातचीत की इससे पूर्व सुबह उन्होंने गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन के दौरान लोगों की समस्याएं सुनीं और सम्बन्धित अधिकारियों को उचित कार्रवाई के निर्देश दिये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश में सरकारी नौकरियों पर चयन की प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता के साथ की जा रही है उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने राज्य के चार लाख से अधिक य्वाओं को सरकारी नौकरी दी है मुख्यमंत्री आज लखनऊ में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्यप्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा दो हजार अट्ठारह में चयनित उपजिलाधिकारियों को नियुक्ति पत्र वितरित कर रहे थे पिछले चौबीस घंटे में प्रदेश में कोविड नाइन्टीन से संक्रमण के एक सौ अट्ठाईस नये मामले सामने आये जबकि इस दौरान एक सौ उन्तालीस मरीज स्वस्थ हुए हैं अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने आज लखनऊ में बताया कि प्रदेश में कोविड जांच का काम तेजी से जारी है और कल एक दिन में कुल एक लाख अट्ठारह हजार नौ सौ तेईस नमूनों की जांच की गयी राज्य में अब तक कुल तीन करोड़ अट्ठारह लाख अड़सठ हजार छ सौ नब्बे नमूनों की जांच की जा चुकी है उन्होंने बताया कि प्रदेश में आगामी तेरह मार्च से सत्ताईस मार्च तक एक बार फिर फोकस टेस्टिंग का अभियान चलाया जायेगा श्री प्रसाद ने कहा कि इस समय राज्य में साठ वर्ष से अधिक आयु के लोगों का कोविड टीकाकरण किया जा रहा है साथ ही पैंतालीस वर्ष से साठ वर्ष की आयु के गम्मीर बीमारी से ग्रस्त लोगों को भी कोविड के टीके लगाये जा रहे हैं उन्होंने कहा कि आज दोपहर तीन बजे तक साठ हजार से अधिक लोगों को कोविड का टीका लगाया जा चुका है स्वास्थ्यकर्मियों अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों और वरिष्ठ नागरिकों को मिलाकर प्रदेश में अब तक कुल उन्नीस लाख लोगों को कोविड के टीके लगाये गये हैं

टीका लगवाने के बाद एक ट्वीट में श्री जावडेकर ने कहा कि टीकाकरण प्रक्रिया आसान है और भारत में निर्मित टीके सुरक्षित हैं उन्होंने सभी नागरिकों से टीका लगवाने की अपील की प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने भी आज लखनऊ में कोविड का टीका लगवाया